इसी के साथ रंगों का पर्व होली शुरू हो जायेगा जो पांच दिनों तक चलेगा आज रात में होली जलाई जायेगी अगले दिन कल लोग एक दुसरे पर रंग गुलाल और अबीर डालकर होली की श्रभकामनाएं देंगे होली के अवसर पर आज इन्दौर के राजवाड़ा में शाम को होलकर राजवंश की परंपरानुसार पूजा होगी होलिका दहन के लिए अनेक समाजसेवी संगठनों ने गोबर के कंडो का उपयोग किये जाने की अपील की है इस बार पेड काटने से बचाने के लिए भोपाल में वन विभाग के सहयोग से गो कास्ठ का विकय किया जा रहा है जबलपुर में भी गोबर से बनी लकड़ी का उपयोग होलिका दहन में किया जायेगा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज संध्या आरती के दौरान भगवान महाकालेश्वर को गुलाल चढ़ाया जायेगा इसके बाद देर शाम होलिका दहन होगा होली के अवसर पर प्रदेशभर के बाजारों में दुकानों को विशेष रूप से सजाया गया है जहां रंग गुलाल पिचकारियों को खरीदने वालों की भीड़ बढ़ रही है आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में होली का त्यौहार अनुठे ढंग से मनाया जाता है वर्षो से चली आ रही परम्परानुसार युवतियां सगाई के बाद अपने अपने ससुराल से भेजे गये शक्कर से बने गहनें हार कंगन आदि को पहनकर होली के ड़ांडे की पूजा करती हैं वहीं खंडवा जिले में भी होली का पर्व पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा

भोपाल अशोकनगर सतना मुरैना शिवपुरी नरसिंहपुर छतरपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में जिला प्रशासन ने नागरिकों से होली का त्यौहार शांतिपुर्ण तरीके से मनाने की अपील की है जागरूकता अभियान लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए इन दिनों प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी के तहत नीमच कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कल नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं की भागीदारी बढाने के लिए जिलास्तर से बूथ तक मतदाता जागरूकता की गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाने को निर्देश दिये बैठक में बताया गया कि होलिका दहन स्थलो पर होली दहन से पूर्व मतदाता जागरूकता के लिए ओथ फार वोट शपथ दिलाई जायेगी शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया कि स्वयं सहायता समुहों की महिलाओं ने कल जिले के टोंगरा सतेरिया और बड़ागांव में स्वीप अभियान के तहत रैली निकाली गई वहीं सतना जिले के मझगंवा में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत उन्मुखिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया खंडवा जिले की पंधाना में कल भगौरिया हाट में ग्रामीणों को डेमो ईवीएम और वीवीपेट के जरिए बताया गया कि वो वोट कैसे डालें

पार्टी के मीडिया प्रमुख और राज्य सभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि यह मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के तहत विभिन्न उपायों का एक हिस्सा है

कांग्रेस सूची कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए नौ उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है इस सूची में महाराष्ट्र के सात और केरल के दो उम्मीदवारों के नाम हैं पार्टी की केंद्रीय चनाव समिति ने कल इन उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया

सुश्री मायावती ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन मजबूत है सुश्री मायावती ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे बाद में चुनाव लड़ेंगी